उन्होंने कहा कि हाल ही में लाए गए कृषि कानून किसानों के हित में है और यह उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने समर्थन मूल्य लागत का डेढ़ गुना कर दिया है उन्होंने जोर देकर कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी और इस पर किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए श्री सिंह ने किसान आंदोलन पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के रूख की निंदा की राज्य की राजधानी जयपुर में आज से इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू हो रहा है अब से कुछ देर बाद प्रयागराज स्पेशल रेल इलेक्ट्रिक इंजन के साथ जयपुर जंक्शन पर पहुंचेगी इस रेल को जयपुर सांसद रामचरण बोहरा दोपहर तीन बजकर बीस मिनट पर प्रयागराज के लिए रवाना करेंगे इससे पहले आज सुबह यह ट्रेन अलवर पहुंची हमारे अलवर संवाददाता ने बताया कि इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन की गति बढ़ेगी साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा

प्रदेश में कोरोना संकमण के नए मामलों की संख्या में और कमी आई है

उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा को कोरोना संकमण की पुष्टि हुई है एक ट्वीट कर उन्होंने बताया कि चिकित्सक की सलाह पर वह होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशो का पालन कर रहे हैं श्री नड्डा उनके सम्पर्क में आए लोगों से अपनी जांच करवाने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर श्री नड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है

उर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हमें उर्जा संरक्षण के लिए संकल्प लेना चाहिए

पहली बार माउंट आबू में पारा जमाव बिन्दु से नीचे शून्य दशमलव चार डिग्री दर्ज किया गया है अन्य स्थानों पर भी तापमान में गिरावट आई है